द्रदराज क्षेत्रों में जनसमस्याओं के समाधान के लिए प्रदेशभर में शुरू होने वाले जनमंच कार्यक्रम का मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र शिमला से करेंगे शुभारंभ

राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रदेश के गणमान्य लोगों मंत्रियों अधिकारियों और पत्रकारों के लिए ऐट होम का आयोजन छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रिट में किया इस मौके राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को पर्यटन विभाग की कॉफी टेबल ब्क भी भेंट की इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल सांसद राम स्वरूप शर्मा विधायकगण मुख्य सचिव विनीत चौधरी पुलिस महानिदेशक एसआर मरढ़ी और सेना व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पत्रकार और प्रबुद्धजन भी ऐट होम में शामिल रहे जनमंच प्रदेश सरकार ने दूरदराज क्षेत्रों में लोगों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए जनमंच कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसका उददेश्य लोगों व सरकार के बीच अंतर को कम करना और लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर निवारण करना है प्रवक्ता ने कहा कि जन मंच कार्यकमों का आयोजन हर जिले के दूरदराज इलाकों में किया जाएगा जहां मंत्री और विभागों के अधिकारी जनसमस्याएं सुनकर उनका मौके पर निपटारा करेंगे इस कड़ी में तीन जुन को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जहां सरकार के मंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ जनसमस्याओं का निपटारा करेंगे मुख्यमंत्री बधाई जल मार्ग से विश्व परिक्रमा के बाद भारत लौटी महिला नौसेना दल की सदस्य लैफिटनेंट कमांडर प्रतिभा जमवाल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू जिले से संबंध रखने वाली लैफिटनेंट जमवाल ने प्रदेश का नाम रौशन किया है उन्होंने कहा कि प्रदेश को अपनी बेटियों पर गर्व है जो हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने अदम्य साहस का परिचय दे रही हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसी उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाएं प्रदेश की अन्य युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं

यह समारोह सदस्य देशों के फिल्म उद्योग के लिए सिनेमा और संस्कृति सहयोग का एक मंच होगा कई आसियान देशों की उत्कृष्ट फिल्में इस समारोह में प्रदर्शित की जाएंगी

इसके लिए विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप माई गोव ओपन फोरम पर भेजे जा सकते हैं

प्रतिनिधिमंडल भाजपा किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव चौहान के नेतृत्व में शिमला में कल शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकर सहित अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में अवैध भुमि पर कब्जों के बारे में लोगों को राहत देने का मुद्दा उठाया सदस्यों ने राज्य सरकार को इस बारे में सशक्त नीति बनाकर जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया इस मौके सांसाद वीरेंद्र कश्यप ने इस मुददे का प्रभावशाली तरीके से उठाते हए ठोस कदम उठाने की सरकार से मांग की है संजीव चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस बारे में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया प्रशिक्षण कृषि विभाग द्वारा मंडी ज़िले के गोहर विकास खंड के बासा में शुन्य लागत प्राकृतिक खेती पर आयोजित तीन दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर आज शुरू हुआ शन्य लागत प्राकृतिक खेती के परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने इस मौके पर कहा कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है उन्होंने कहा कि इसी उददेश्य से विभिन्न स्थानों पर कृषि प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि बेहतर उत्पादन से किसानों की आर्थिकी में सुधार हो सके

इनमें डुहक कौना बैरघटा थुरल भ्रांटा बलोह और सन्हू पंचायतें शामिल हैं अवैध खनन चंबा जिले में रावी नदी में उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अवैध खनन का कार्य जोरों से चल रहा है स्थानीय लोगों ने इस अवैध खनन पर चिंता जताते हुए कहा है कि लंबे समय से ये काम चल रहा है और न तो प्रशासन और नही खनन विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है लोगों का कहना है कि अवैध खनन से रावी नदी का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से अवैध खनन को त्रंत रोकने की मांग की है ताकि जीवन दायनी रावी नदी का अस्तित्व बरकरार रह सके निपाह वायरस केरल में निपाह वायरस फैलने के बाद प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हए प्रशासन ने ऐहतियाती कदम उठाए हैं कृल्लू जिला उपायुक्त यूनुस ने कुल्लू में विभिन्न प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों से बैठक कर किसी भी तरह के संक्रमण से निपटने पर विचार विमर्श किया उन्होंने कहा कि हालांकि हिमाचल में अभी तक निपाह संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है सहायक आयुक्त सन्नी शर्मा ने पर्यटन परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बस व टैक्सी ऑपरेटरों होटल संचालकों सहित पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी अन्य संस्थाओं को निपाह वायरस के बारे जागरूक करने की अपील की है उधर नाहन विकास खंड के बर्मापापड़ी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में मृत पाए गए दर्जनों चमगादड़ों के मिलने पर उपायक्त ललित जैन ने कहा कि निपाह संकमण फैलने की कोई संभावना नहीं पाई गई हैं और लोगों को इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने कहा कि मृत चमगादड़ों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और एहतियात के तौर पर इन्हें दफनाया गया है ताकि किसी प्रकार के संकमण फैलने की कोई संभावना पैदा न हो पैंशन अदालत महालेखाकार कार्यालय द्वारा मण्डी में आयोजित दो दिवसीय पैंशन अदालत आज संपन्न हुई इस मौके डेढ़ सौ से अधिक पैंशन भोगियों व सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं और करीब दो सौ डीडीओ जिला कोषाधिकारी और पैंशन कल्याण संघों के पदाधिकारियों ने भाग लिया पैंशन अदालत में महालेखाकार कार्यालय द्वारा हैल्प डैस्क भी स्थापित किया गया था जहां पैंशन मामलों से संबंधित सभी प्रकार के फार्म उपलब्ध करवाए गए ताकि पैंशन भोगी और सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं सहित आहरण संवितरण अधिकारी ज़रूरी जानकारियां हासिल कर लाभान्वित हो सकें इस दौरान पैंशनरों द्वारा प्रस्तुत मामलों का निपटारा किया गया लेह बस केलंग लेह दिल्ली बस सेवा आज से शुरू हो गई है लाहौल स्पिति जिले के मुख्यालय केलंग से पथ परिवहन निगम की बस को उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर लेह के लिए रवाना किया उन्होंने बताया कि ये बस सेवा चार बडे दर्रो रोहतांग बारालाचा तंगलंगला और लाचंगला से होकर गुजरेगी

अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पथ परिवहन निगम पूरी तरह मुस्तैद है और बस की बुकिंग के लिए ऑनलाईन सुविधा मौजूद है रेलवे भर्ती रेल विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ में नौ हजार सात सौ से अधिक पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं रेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ये रिक्तियां कांस्टेबल के पदों पर चार हजार चार सौ तीन प्रुषों और चार हजार दो सौ सोलह महिलाओं के लिए घोषित की गई हैं इसके अलावा उपनिरीक्षक के पद पर आठ सौ उन्नीस पुरुष और तीन सौ एक महिलाओं की भर्ती की जाएगी